वे आज ऊना ज़िले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के बनेड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है जिससे कांग्रेसी नेता घबरा गए हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया और आतंकियों के प्रति नरम रूख अपनाया जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल से विशेष स्नेह रखते हैं और उन्होंने प्रदेश को हज़ारों करोड़ रूपये की सौगातें दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकर एक अनुभवी नेता हैं और वे जनता की आवाज़ को संसद में प्रभावशाली ढंग से उठाते रहे हैं उन्होंने लोगो से अनुराग ठाक्र को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह किया बाद में जयराम ठाक्र ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंब और कुटलैहड़ के बसाल में भी जनसभाओं को संबोधित किया

नड़डा आज बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर रोज़गार के मुददे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जगत प्रकाश नड़डा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और कोई भी अर्थव्यवस्था बिना रोज़गार के विकसित नहीं हो सकती ऐसे में ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की रोज़गार को लेकर जानकारी बहत ही सीमित है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के बावजूद आम आदमी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा है और लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम की सुनामी चल रही है नड़डा ने इस मौके पर केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ज़िक भी किया और कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक बनाया है

श्याम जाजू भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा है कि केन्द्र व हिमाचल की डबल इंजन की सरकार विकास को आगे ले जाने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है

श्याम जाजू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहमत मिलेगा और पार्टी हिमाचल की चारों सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी श्याम जाजू ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी का भी हिमाचल आने का कार्यक्रम है बैठक मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव संजीव रंजन के साथ कल नई दिल्ली में एक बैठक की इस दौरान उन्होंने हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गो की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा की बीके अग्रवाल ने संजीव रंजन से कीरतपुर नैरचौक परियोजनाओं के बंद पड़े फोरलेन के कार्य को दोबारा शुरू करवाने का आग्रह किया इसके अलावा उन्होंने नेरचौक पंडोह और पिंजौर बद्दी नालागढ़ फोरलेन परियोजनाओं के कार्य को भी जल्द शुरू करवाने का अनुरोध किया भेंट इस बीच उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने आज नई दिल्ली में न्यूज़ीलैंड की राजदूत जोआना केम्पकर्स और ओमान सल्तनत के राजदूत हामेद बिन सैफबिन अब्दुलजीज़ से मुलाकात की इस दौरान धर्मशाला में आगामी सितम्बर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के संबंध में चर्चा की गई मनोज कुमार ने बताया कि हिमाचल में पर्यटन हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं सुरक्षा प्रबंध जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के साथ लगती जम्मू कश्मीर की सीमाओं को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरी तरह सील कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने बताया है कि जिले में अर्धसैनिक बलों की छः टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं जो पेट्रोलिंग व नाकाबंदी कर सीमाओं की कड़ी सुरक्षा कर रही हैं